गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज एक साथ छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मददगार होगा श्री मोदी ने लद्दाख में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे चाहते है कि इस घड़ी में पूरा देश इन जवानों और इनके परिवारों के साथ खड़ा हो प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरूआत की जा रही है उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है श्री मोदी ने कहा कि देश गरीब लोगों की आवश्यकताओं को समझता है और यह अभियान उनकी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है इसके माध्यम से गरीब ग्रामीण जनता को उनके घर के पास ही रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉ कडाउन के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट गए ऐसे में इन कुशल मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना उनके देशभक्ति को उनके कौशल ने मुझे मेरे मन को एक प्रेरणा दी उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है कि आप सोचिए इतना टैलेंट इन दिनों वापस आने गांव लौटा है देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा तो इससे बिहार के विकास को कितनी नई ऊर्जा मिलेगी नई गति मिलेगी

उन्होंने रेत सहित अन्य सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने धमतरी जिले में रेत माफियाओं द्वारा की गई मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए धमतरी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में चाहे वह रेत का मामला हो या अन्य किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसे प्रकरण संज्ञान में आने पर उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी उधर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि पूरे प्रदेश में माफियाराज चल रहा है उन्होंने धमतरी जिले में एक जिला पंचायत सदस्य और उनके सहयोगियों के साथ मारपीट की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में रेत माफियाओं को किसका समर्थन प्राप्त है उन्होंने कहा कि खनिज विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए रेत उत्खन्न पर प्रतिबंध लगा दिया है इसके बावजूद रेत माफियाओं का उत्खन्न के काम में लगे रहना कई सवालों को जन्म देता है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों से लौटने वाले श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार विद्युत कंपनियों में काम दिया जाए उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षित कर प्राथमिकता से उपयुक्त कार्य में लगाया जाए ताकि उन्हें राज्य में ही रोजगार मिल सके मुख्यमंत्री कल रायपुर में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने बैठक में छत्तीसगढ़ के विद्युत कंपनियों के पुनर्गठन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की राज्य में वर्तमान में पांच विद्युत कंपनियां हैं जिनका पुनर्गठन कर तीन कंपनी बनाया जाना प्रस्तावित है मुख्यमंत्री ने विद्युत देयकों में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट का स्पष्ट रूप से विवरण नहीं दिए जाने क ेलिए विद्युत वितरण कंपनियों पर नाराजगी जताई उन्होंने मड़वा विद्युत ताप परियोजना की गड़बड़ियों के संबंध में भी अधिकारियों से पूछताछ की और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए बोधघाट परियोजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर की बोघघाट परियोजना पर विचार विमर्श के लिए बस्तर क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की इस बैठक में राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों के अलावा बस्तर क्षेत्र के सांसद विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए बैठक की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि बस्तर के लिए बोधघाट परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है इसे बिजली उत्पादन की बजाए सिंचाई परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजना के रूप में शुरू होने से बस्तर क्षेत्र के सवा तीन लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी लघु वनोपज खरीदी राज्य सरकार ने अब इकतीस लघ् वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का निर्णय लिया है पहले पच्चीस लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है इस लघु वनोपजों में वन तुलसी बीज वन जीरा और इमली के बीज के अलावा बहेड़ा कचरिया हर्रा कचरिया और नीम के बीज को भी शामिल किया गया है वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य में इससे पहले वर्ष दो हजार अट्ठारह तक मात्र सात लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की जाती थी अब वनवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु वनोपजों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा रही है इससे वनांचल में रहने वाले लोगों को जहां बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा वहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी राज्य सरकार द्वारा कुसमी लाख रंगीनी लाख और कुल्लू गोंद की खरीदी में समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में आज कोरोना संक्रमित सात नये मरीजों की पहचान की गई है ये सभी सुरक्षा बल के जवान हैं इनमें नारायणपुर से चार और सुकमा जिले से तीन जवान शामिल हैं मिली जानकारी के मुताबिक नारायणपुर जिले में मिले चार जवान भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के हैं जबकि सुकमा में मिले तीन जवान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के बताए जा रहे हैं ये सभी जवान दूसरे राज्यों से लौटे हैं इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या दो हजार को पार कर गई है वहीं तेरह सौ से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं फिलहाल सात सौ दस मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है कोरोना जिला कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राजनांदगांव में कल पूर्ण लॉकडाउन रहेगा इस दौरान दवा दूध और सब्जियों को छोड़कर अन्य वस्तुओं से संबंधित सभी दुकानें बंद रहेंगी वहीं महासमुंद जिले में बागबाहरा थाना क्षेत्र के घुंचापानी कला गांव के क्वारेंटाइन सेंटर से कल रात एक युवक भाग गया पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है भाजपा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रदेशभर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा आयोजित की जा रही है कवर्धा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी इसी कड़ी में आज और पूर्व सह संगठन मंत्री रामप्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कबीरधाम जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया सभा को जिला भाजपा कार्यालय से सांसद संतोष पांडेय और जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने भी संबोधित किया भाजपा श्रद्वांजलि मुंगेली जिला मुख्यालय में रिथित स्वर्ण जयंती स्तंभ पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्वांजलि दी इस मौके पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गिरीश शुक्ला पूर्व सांसद लखनलाल साहू और जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेष पाठक ने लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार करने की अपील की इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे

राज्य सरकार द्वारा गांवों में पेयजल योजनाओं के लिए दो हजार की आबादी के बंधन को खत्म करते हुए कम आबादी वाले गांवों में भी पेयजल योजनाओं के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मिनीमाता अमृत धारा योजना शुरू की गई है इसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त नल कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है इस योजना से अब तक चालीस हजार से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं प्रदेश में लगभग बीस हजार गांव हैं जल आवर्धन योजना के तहत तीन हजार गांवों में पाईप लाइन के जरिये पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है राज्य सरकार का वर्ष दो हजार चौबीस तक राज्य के हर गांव में नल के जरिये प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य है माओवादी शहरी नेटवर्क राजनांदगांव जिले की औंधी पुलिस ने माओवादियों की मदद करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि ग्राम तुकाम निवासी आरोपी बारसाय नेताम ने लंबे समय से माओवादियों का सामान अपने घर में छुपाकर रखा था साथ ही वह माओवादियों तक खबर भी पहुंचाता था पुलिस को सूचना मिलने के बाद आरोपी के घर में दबिश दी गई जहां से माओवादियों के लिखे पत्र बैनर और पॉम्पलेट बरामद किए गए फिलहाल आरोपी से पुछताछ की जा रही है गौरतलब है कि माओवादियों को मदद करने के आरोप में राजनांदगांव जिले से अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को संबोधित करेंगे उनका यह संबोधन सुबह साढ़े छह बजे दूरदर्शन और अन्य डिजिटल मंचों पर देखा जा सकेगा प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए घर में रहकर अपने परिजनों के साथ मनाएं एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार यह दिवस हम बेहद असामान्य परिस्थितियों में मना रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है इधर प्रदेश में इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा इसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि योग हमारे देश की प्राचीन विद्या है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक जीवन दर्शन है योग से कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है साथ ही उसका मन भी एकाग्रचित रहता है वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन अमूल्य विद्या है इसकी साधना वस्तुतः शरीर मन और आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है उन्होंने कहा कि स्वस्थ तनावमुक्त और अनुशासित जीवन के लिए योग का महत्व आज प्रा विश्व समझ रहा है छत्तीसगढ़ सड़क लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सड़कों का बेहतर नेटवर्क तैयार करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने बताया कि एशियाई विकास बैंक एडीबी की सहायता से वर्ष दो हजार चौबीस तक ग्यारह सौ चौरासी किलोमीटर लंबाई की तीस सड़कों के लिए लगभग चार हजार करोड़ रूपये का कर्ज लेने की कार्ययोजना तैयार की गई है इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है

इसी कड़ी में इतवारी टाटानगर दैनिक विशेष पार्सल ट्रेन का ठहराव दोनों दिशाओं में गोंदिया राजनांदगांव दुर्ग रायपुर बिलासपुर चांपा रायगढ़ झारसुगड़ा राउरकेला और चक्रधरपुर स्टेशनों में दिया गया है

मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक दक्षिण पंजाब से लेकर झारखंड और उत्तर पश्चिम बंगाल के ऊपर एक द्रोणिका स्थित है वहीं एक चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व उत्तरप्रदेश और उसके आसपास बना हुआ है यह चक्रवाती घेरा उत्तर ओडिशा और उसके आसपास स्थित है जिसके कारण प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है इस बीच प्रदेश के सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा घुनघुट्टा बांध मानसून की पहली बारिश में ही भर गया है बीते चालीस वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है कि मानसून की पहली बारिश में ही इस बांध का एक गेट खोला गया है घुनघुट्टा बांध से सरगुजा जिले के चालीस से अधिक गांव की लगभग तीस हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि में सिंचाई होती है

विश्व के कई भागों में अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण नजर आयेगा भारत में सूर्य ग्रहण राजस्थान हरियाणा और उत्तराखंड में देखा जा सकेगा

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है

राजनादगांव शहर में फ्लाईओवर के नीचे सब्जी बाजार लगाने की तैयारी की जा रही है इस संबंध में आवश्यक इंतजाम के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की एक समिति बनाई गई है